प्रधानमंत्री पत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों को पत्र लिखा है प्रधानमंत्री ने पत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है और कोरोना वायरस महामारी से निपटने में देश का संकल्प दोहराया है देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया एक ओर जहां अत्याध्रनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से धिरा हमारा भारत है कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है श्री मोदी ने कहा कि जनता ने यह साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर और सम्पन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक है प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े संकट की घड़ी में निश्चित रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि किसी को असुविधा या परेशानी नहीं हुई उन्होंने कहा कि हमारे मजदूरों प्रवासी कामगारों लघू उद्योगों के शिल्पकारों दस्तकारों हॉकरों और अन्य लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है श्री मोदी ने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि वक्त की यह जरूरत है कि हम आत्मनिर्भर बने और हमें अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने रास्ते से आगे बढ़ना होगा आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है आत्मनिर्भर भारत अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया बीस लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है यह अभियान हर एक देशवासी के लिए हमारे किसान हमारे श्रमिक हमारे लघू उद्यमी हमारे स्टार्ट अप्स से जुड़े नौजवान सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा भारतीयों के पसीने से परिश्रम से और उनकी प्रतिमा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकार के कृछ फैसलों की व्यापक चर्चा हुई और वे सार्वजनिक विचार विमर्श का केन्द्र रहे उन्होंने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को निरस्त करने से राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की भावना ज्यादा मजबूत हई श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण निश्चित रूप से यह संकट का समय है लेकिन हमारे लिए यह दुढ़संकल्प का भी समय है

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे और विजय हमारी ही होगी भाजपा प्रतिक्रिया प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दसरे कार्यकाल के एक साल पुरा होने पर केन्द्र सरकार और भाजपा के केंद्रीय नेतत्व को बधाई देते हए सरकार के कामकाज की सराहना की है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने पिछले एक वर्ष में जो अहम फैसले लिए हैं उनसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मार्ग प्रशस्त हुआ है भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय तथा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर सरकार को बधाई और श्रभकामनाएं दी हैं अजीत जोगी अंतिम संस्कार छत्तीसगढ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज गौरेला में परे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया इससे पहले उनका पार्थिव शरीर रायपुर स्थित उनके निवास सागौन बंगला में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था कल बीती शाम मुख्यमंत्री भूपेश बर्घल ने श्री जोगी के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किए इस मौके पर राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों और विधायकों सहित अन्य लोगों ने श्री जोगी को श्रद्धांजलि दी इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को गृहग्राम जोगीसार के लिए रवाना किया गया अंतिम यात्रा के दौरान उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी श्री जोगी का पार्थिव शरीर बिलासपुर पहुंचने पर उनके समर्थकों और श्मचिंतकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा कोटा होते हुए गौरेला के लिए रवाना हुई उल्लेखनीय है कि श्री जोगी का कल रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था कोरोना मरीज आज छत्तीसगढ़ में कुल बत्तीस कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं इनमें कोरिया से बीस बलरामपुर से छह कांकेर से चार और रायपुर से दो मरीज शामिल हैं इस तरह से राज्य में फिलहाल कोरोना संक्रमित कल सक्रिय मरीजों की संख्या तीन सौ चवालीस हो गई है रायपुर जिले के नगर पालिक निगम बिरगांव में कोरोना का एक मरीज मिलने के बाद ईतवारी बाजार और रावांभाटा क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है यहां की सभी दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी वही राजनांदगांव जिले के कोरोना संक्रमित चौंतीस मरीजों का इलाज इस समय चल रहा है ग्यारह संक्रमितों के दूसरे राउंड का सैंपल जांच के लिए एम्स रायपुर भेजा गया था जिनकी रिपोर्ट दोबारा पॉजीटिव आई है वहीं राजनादगांव नगर निगम प्रशासन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सतर्क हो गया है और वहां घनी आबादी वाले क्षेत्रों को सैनिटाईज किया जा रहा है दुर्ग संभाग आयुक्त जीआर चुरेन्द्र ने आज बेमेतरा जिले में स्थित विभिन्न क्वारेंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को सभी आवश्यक सविघाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए इधर जांजगीर चांपा जिले के खोखसा स्थित कोणार्क कॉलेज क्वारेंटाइन सेंटर में विवाद के बाद तालाब में नहाने गए चौंतीस मजदूरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है इसी जिले में क्वारेंटाइन सेंटर की एक गर्भवती महिला की मौत के बाद जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि अब गर्भवती महिलाए जिला मुख्यालय जांजगीर में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में ही रहेंगी जांजगीर चांपा जिले के सीमा क्षेत्र के नाकाबंदी स्थल पर अब शिक्षकों को निगरानी के लिए तैनात किया गया है उधर बस्तर जिले में संचालित क्वारेंटाइन सेंटरों में आयुष विभाग द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयों और काढ़ा का वितरण किया गया

केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन पांच के दिशा निर्देश जारी किए हैं इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है पहले चरण में आगामी आठ जून से शर्तो के साथ धार्मिक स्थल होटल रेस्टॉरेंट और शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कफ्यू जारी रहेगा वहीं दूसरे चरण में स्कूल कॉलेजों को खोलने का फैसला राज्य सरकारों द्वारा लिया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक देश में अब कहीं भी जोन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा बिजली दर प्रदेश में बिजली की नई दरों में घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि गैर घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है वहीं राईस भिल के साथ ही अस्पताल नर्सिंग होम और अन्य चिकित्सा सेवाओं को ऊर्जा प्रभार में पांच प्रतिशत की छूट दी गई है यह घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा की गई आयोग की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कोरोना संकट के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली की नई दरें तय की गई हैं इसी तरह बिजली बिल के भुगतान में निर्धारित तिथि के बाद लगने वाले अधिभार को बीते एक अप्रैल से आगामी तीस जून तक डेढ़ से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा

इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रायपुर रेलमंडल से तीन ट्रेनें रायगढ़ गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस मुंबई हावड़ा मेल और हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस गुजरेंगी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए इन ट्रेनों में यात्रा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं रायपुर रेलमंडल ने भी रायपुर दुर्ग भिलाई पावर हाउस तिल्दा नेवरा भाटापारा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही के लिए विशेष व्यवस्था की है स्टेशनों में यात्रियों के प्रवेश और विकास की अलग अलग व्यवस्था के साथ ही आवश्यक बदलाव किए गए हैं इन टेनों में सफर करने वाले यात्रियों को रायपुर स्टेशन में कम से कम डेढ़ घंटे पहले आना होगा प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म में प्रवेश नहीं दिया जाएगा केवल टिकटधारी यात्री ही प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर सकेंगे जवान फायरिंग मौत नारायणपुर जिले के अम्बदई घाटी कैम्प में बीती रात जवानों के बीच हुई आपसी झड़प में दो जवानों की मौत हो गई वहीं एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया कांकेर के डीआईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला और सीएएफ नौवीं वाहिनी के सेनानी शशि मोहन सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आपसी विवाद के बाद एक जवान ने एके सैंतालीस रायफल से अपने साथी जवानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं इससे दो जवानों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे बेहतर इलाज के लिए रायपूर लाया गया है वहीं आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है रेल मंत्रालय अपील भारतीय रेल देशभर में प्रतिदिन कई श्रभिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है ताकि प्रवासियों की घर वापसी सुनिश्चित की जा सके इन ट्रेनों में कुछ ऐसे लोग भी यात्रा कर रहे हैं जो पहले से ही कुछ ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनसे कोरोना महामारी के दौरान उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा मई माह के सभी शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के निर्देश दिए गए थे जिसे वापस ले लिया गया है मख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के लघु उद्योगों में उत्पादित सामग्रियों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए समी विभागों को सीएसआईडीसी के माध्यम से जल्द से जल्द रेट कॉन्ट्रेक्ट निर्घारित करने के निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्री मुपेश बघेल ने आज इस मशीन का लोकार्पण किया ऑटोमेटिक सैनिटाईजर मशीन का नाम जीवराखन रखा गया है इस मशीन में सैनिटाईजर की खपत भी कम होगी और जितना हाथ घोने के लिए सैनिटाईजर चाहिए उतना ही सैनिटाईजर मशीन के सामने हाथ रखने से ऑटोमेटिक निकलेगा

टिड्डी दल सतर्कता सीमावर्ती महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश से होते हुए टिड्डी दल का छत्तीसगढ़ में आने का खतरा बढ़ गया है इसके मद्देनजर राज्य के सीमावर्ती जिले राजनाँदगांव कबीरधाम सूरजपुर बलरामपुर और कोरिया जिले में विशेष सतर्कता बरतने कहा गया है ये जिले उन इलाकों से लगे हुए हैं जहां टिड्डी दल के आने की सूचनाए भिली हैं इस बीच टिड्डियों का दल हवा की दिशा बदलने के कारण बालाघाट से सिवनी की ओर चला गया है वहीं महाराष्ट्र के भंडारा में टिड्डियों का दल सक्रिय है जिसके राजनादगांव जिले में आने का खतरा बना हुआ है कृषि संचालक ने विभाग के मैदानी अमले को अपने अपने इलाके का निरंतर भ्रमण करने और किसानों से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं

संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके इस समय दैनिक जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व विषय पर फेसबुक लाइव उदबोधन कर रही हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण इंडियन स्कॉलस्टिक एसेसमेंट यानि इंड सैट परीक्षा स्थगित कर दी है छत्तीसगढ़ कामधेन् विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित पश् चिकित्सा और पश्यपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग की छात्रा रश्मि एस कश्यप का चयन राष्ट्रीय फैलोशिप के लिए हुआ है राजनांदगांव जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परदोनी तालाब जंगल के पास बीते आठ मई को हुई पुलिस माओवादी मुठभेड की दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए गए हैं जांजगीर चांपा जिले में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी का भूगतान कार्यस्थल पर ही एन आरएलएम की बीसी सखी सेतु से जुड़ी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है राजनांदगांव जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से करीब साढ़े चार लाख रूपये की ठगी करने के आरोप में बसंतपूर पूलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है कोंडागांव जिले के केशकाल घाटी पर जांच के दौरान पुलिस ने एक वाहन से एक सौ तेईस किलोग्राम गांजा बरामद किया है इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग पर जजगा के पास एक पेट्रोल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया मौसम छत्तीसगढ़ में अगले चौबीस घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है वहीं मौसम विमाग ने सभी संभागों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंघड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है